उन्होंने ई गोपाला ऐप की भी श्रूआत की जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन मत्स्य बीज में व्यापक बेहतरी संबंधित बाजार और सूचना पोर्टल की व्यवस्था करना है इस ऐप को किसान सीधे तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बिहार में मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों से संबंधित अनेक कार्यक्रमों की श्रूआत की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक ऐसा अग्रणीय कार्यक्रम है जिसमें मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है

अब तक मत्स्य पालन क्षेत्र में निवेश की जाने वाली ये सबसे बड़ी राशि है

प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले चार पांच वर्ष में इन योजनाओं पर बीस हजार से अधिक रुपये खर्च किये जायेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि ई गोपाल ऐप एक डिजिटल माध्यम होगा जिससे मवेशी मालिक आध्रनिक मवेशियों का चुनाव कर सकेंगे इस ऐप से मवेशी मालिकों को उत्पादकता स्वास्थ्य और चारा से संबंधित सभी सुचनाएं उपलब्ध होंगी श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे कोरोना महामारी के दौरान सावधानी के सभी उपाय करें उन्होंने कहा कि इस महामारी को लोगों को मामूली नहीं समझना चाहिए उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना वैक्सीन को विकसित करने में अभी समय लगेगा लेकिन हम सामाजिक सावधानी अपना कर अपने को सुरक्षित रख सकते हैं उन्होंने मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाये रखने पर अधिक बल दिया

इस अवसर पर परम्परागत सर्वधर्म प्रजा की गई इस दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के सैन्यबलों की मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी उपस्थित थीं

इस प्रदर्शन में स्वदेश में निर्मित तेजस और सारंग हेलिकॉप्टर ऐरोबेटिक टीम ने भी भाग लिया प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और वाय़सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया भी इस अवसर पर मौजूद थे

राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार छह सौ तीस है और अबतक तीन हजार नौ सौ छह व्यक्ति स्वस्थ हो च्के है कल दर्ज किए गए नए मामलों में राजधानी ईटानगर से सबसे अधिक इक्यावन मामले लोअर दिबांग वैली से पंद्रह ईस्ट सियांग वेस्ट कामेंग और चांगलांग जिले से ग्यारह ग्यारह मामले वेस्ट सियांग जिले से नौं लोअर स्बनसिरी जिले से सात और पाप्मपारे जिले से पांच मामले सामने आए हैं जबकि लेपारादा और अपर स्बनसिरी जिले से चार चार लोहित ईस्ट कामेंग तिरप और अपर सियांग जिले से तीन तीन मामले सामने आए हैं इधर आगामी चौदह और पंद्रह सितंबर को आयोजित होने वाली अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए एन डी आर एफ की बारहवीं बटालियन दवारा आज आयोग के परिसर में सेनेटाइजेशन अभियान चलाया गया इधर राजधानी ईटानगर के अशोका होटल में स्थापित कोविड जांच केंद्र में आज राज्य के वित्त विभाग के कर्मियों और मीडिया कर्मियों की जांच की गई